उन्होंने कहा कि राजस्थान के उद्यमियों ने देश के हर क्षेत्र में नाम कमाया है

मुख्यमंत्री ने देश के आर्थिक हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में हमारा प्रयास होना चाहिए कि जीडीपी कैसे बढ़े और अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो

इस कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कृछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगे

देशभर में आज पंजाबी समुदाय की ओर से घूमधाम से लोहडी का त्यौहार मनाया जा रहा है लोहडी की धूम सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने विभिन्न त्यौहारों लोहड़ी पोंगल और भोगली बिहू की देशवासियों को बधाई और शुभकामनाए दी है प्रदेश में भी लोहड़ी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है शाम को कई जगह मुंगफली देवडी और मक्के का प्रसाद वितरित किया जायेगा

मकर सकांति पर्व की तैयारियां प्रदेश में जोरो पर है

जयपुर में परकोटे सहित अन्य बाजारों में पतंग और मांझे की खरीदारी करने में लोग व्यस्त नजर आ रहे है इस पर्व पर दान पुण्य की परम्परा भी खास मानी जाती है इसीलिए बाजारों में महिलाएं भी दानपुण्य का सामान खरीदती नजर आई मकर सकांति पर मांझे से घायल पक्षियों के ईलाज के लिए विभिन्न संस्थाओं की ओर से विशेष प्रबंध की व्यवस्था की जा रही है पक्षी प्रेमियों ने पतंगबाजों से सुबह और शाम को पतंग नहीं उड़ाने की अपील की है बूंदी में सुबह और शाम के समय पतंग नही उड़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है इससे आसमान में उड़ते पक्षियों की जान पर खतरा टल सकेगा पक्षी प्रेमियों ने बताया कि यह वक्त पक्षियों के आने और जाने का होता है ऐसे में पक्षी घायल होने से बच सकेंग

ये स्मैक नाइजिरिया के नशा तस्करों से लाई गई थी

इस मामले में पुलिस आरोपियों के दो और साथियों की तलाश कर रही है अलवर बहरोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग आठ पर गश्त के दौरान अवैध वसूली करने वाले चार पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है इनमें बहरोड़ थाने के एक सहायक निरीक्षक दो कांस्टेबल और एक चालक शामिल हैं ये सभी पुलिसकर्मी हाईवे पर वाहनों से अवैध वसूली करते हुए पाये गये थे बीकानेर में वन विभाग की ओर से आज से चौथा बर्ड फेस्टिवल शुरू हो रहा है इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचे है फेस्टिवल में लुप्त हो रहे पक्षियों की दिनचर्या गतिविधियों और तौर तरीकों से पर्यटकों को अवगत कराया जायेगा इस दौरान क्वीज और बर्ड पेटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित होगी

जिला कलक्टर डॉ जोगाराम ने बताया कि सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में आज से ये बच्चे नियमित रूप से स्कूल जायेंगे

प्रदेश में आज कई जिलो में बरसात होने से सर्दी का असर बढ गया है जैसलमेर में देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक जारी रहा तेज बरसात के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई